उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बना रही है योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया में भारत और जापान के बीच संबंध और मजबूत होंगे जापान के कोवे शहर में कल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में जापान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में मजबूती उसी समय से आनी शुरू हो गई थी जब दोनों ने मिलकर कार बनाने की शुरूआत की थी और अब दोनों देश बुलेट ट्रेन के निर्माण में साथ आए हैं एक समय था जब हम कार बनाने में सहयोग कर रहे थे और आज हम बुलेट ट्रेन बनाने में सहयोग कर रहे हैं आज पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक भारत का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जापान के प्रोजेक्टस या इनवेस्टमेंट ने अपनी छाप ना छोड़ी हो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले पांच वर्षो में भारत का लक्ष्य पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और इसे देखते हुए द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है डिजिटल साक्षरता तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल लेन देन एक रिकार्ड स्तर पर है उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षो में भारत पचास हजार स्टार्ट अप्स के लिए समुचित माहौल बनाने का काम करेगा भारत में डिजिटल लिट्रेसी आज बहुत तेजी से बढ़ रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड स्तर पर है इनोवेशन और इंकपेशन के एक बहुत बड़ा इनफ्राट्रक्चर तैयार हो रहा है

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर जापान की ये उनकी चौथी यात्रा है इन यात्राओं में उन्होंने भारतीयों के प्रति जापान की घनिष्ठता का अनुषव किया है महात्मा गांधी के उपदेशों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी के प्रसिद्व तीन बंदर जो बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का संदेश देते हैं उनका उद्गम जापान में ही हुआ था

इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सुबह ओसाका शहर में जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन से पूर्व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता की बैठक में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए शिंजो आवे और जापान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया आपकी सरकार ने और जापान ने मेरा मेरे डेलिग्शन का स्वागत सतकार किया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं

आपको बघाई देता हूं जापान में नये सम्राट के पद ग्रहण से शुरू हुए रीवा युग के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक है इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा एक्सीलेंसी यह जापान का रीवा एरा का कालखंड है और उस कालखंड की ये हमारी पहली मुलाकात है मैं आप को और जापान की जनता को यहां के नागरिकों को इस नये कालखंड के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि हिज मैजेस्टी का राज्यरोहण के समय हमारे राष्ट्रपति जी अक्तूबर मास में इसमें शामिल होंगे और भारत को इस बात का गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक घटना में हम भी साक्षी होंगे बाद में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों देश नीतिगत संबंधों का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों के विभिन्न पहलओं पर चर्चा की

दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की उन्होंने द्नियाभर में अपराधियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही किये जाने की बात की प्रधानमंत्री कल सुबह ओसाका पहुंचे थे वे आज जी टवन्टी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शिखर सम्मेलन से अलग वे प्रमुख सहयोगी देशों के साथ बातचीत भी करेंगे उनका आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम है

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लामार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा

स्टेट्स में भी काफी जगहों पर है बहुत सी जगहों पर नहीं है लेकिन दोनों का लिंक नहीं है

तो एफसीआई तक तो पहुंचा है उसके बाद नहीं है तो हम चाहते थे पूरे देश में इसको इंटीग्रेट कर के लिंक अप कर दिया जाए श्री रामविलास पासवान कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि विगत् दो वर्षो से विभाग द्वारा इसी प्रकार से मीडिया के समक्ष और योग्यता के आधार पर अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता रहा है और इस कदम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी होगी प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सवेरे ग्यारह बजे प्रसारित किया जाता है प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में अपने मन की बात सम्बोधन में खेलो इंडिया पहल का उल्लेख किया था प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि युवा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ तभी दे पाते हैं जब उनके यहां स्थानीय स्तर पर खेलों की सुविधाएं अच्छी और उन्नत हों इस बार के खेलो इंडिया में ढेर सारे तरूण और युवा खिलाड़ी खिल के सामने आए हैं

जब हमारा स्पोर्ट्स का लोकल इको सिस्टम मजबूत होगा तमी हमारे युवा देश और दुनिया भर में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि खेलो इंडिया पहल ने देश में जमीनी स्तर पर खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया है आकाशवाणी के ओबरा केन्द्र में कार्यरत आशुलिपिक श्री खन्ना लाल का परसों शाम मस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया श्री खन्ना सत्तावन वर्ष के थे